एक सौ बयासी मीटर ऊंची यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे ऊंची यह प्रतिमा हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस सामध्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी जिसने देश को खंड खंड ट्कड़ों में करने की साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण न किया होता तो हमें सोमनाथ के दर्शन करने और गिर के जंगलों में शेर देखने या हैदराबाद के चार मीनार को देखने के लिए वीजा लेना पड़ता श्री मोदी ने इस प्रतिमा को देश की इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमताओं का प्रतीक बताया इस अवसर पर ग्जरात के राज्यपाल ओ पी कोहली मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और भाजपा प्रमुख अमित शाह भी मौजूद थे श्री मोदी ने प्रतिमा के पास बनी वेंल ऑफ यूनिटी का भी अनावरण किया ये दीवार विभिन्न राज्यों से लाई गई मिट्टी से बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है इस अवसर पर विमिन्न मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और संगठन अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं देशमर में लोगों ने आज राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायड् गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गणमान्य व्यक्तियों ने संसद मार्ग पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर मात्यार्पण किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से एकता दौड़ को रवाना किया राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के हजरतगंज स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश की एकता को बनाये रखने के लिये लोगों का आहवान किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल भारत गणराज्य के शिल्पी थे राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से रियासतों को तो जोड़ने का काम किया ही किसानों के लिये भी पूरी मजबूती से खड़े रहे सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर विधानसभा के सामने मार्च पास्ट और रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया उधर प्रदेश के सभी जिलों में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती उत्साह के साथ मनायी गयी और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया गया प्रदेश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी किया गया राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पृण्य तिथि पर भावमीनी श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्वांजलि दी है संसद के केंद्रीय कक्ष में अनेक सांसदों ने सरदार वल्लम भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल और अर्जुन राम मेघवाल ने मंत्रालय के अधिकारियों को एकता की शपथ दिलाई सांसदों ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी उनकी प्ण्यतिथि पर श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्रधर्म सबसे बड़ा धर्म है समाज में अलगाव और बिखराव से राष्ट्र परामव की तरफ जायेगा इन परिस्थितियों में किसी का उत्थान सम्मव नही हो सकेगा भारत की वृद्वि होगी तभी सबका उत्थान होगा मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के बरही में एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमे एक ऐसा भारत तैयार करना है जो आतंकवाद नक्सलवाद अलगाववाद भ्रष्टाचार और अराजकता से मुक्त हो उन्होंने कहा कि यह सम्मव करने के लिये हमारी शिक्षा पद्वति में राष्ट्रधर्म को तरजीह दी जायेगी मुख्यमंत्री ने आज ही गोरखपुर के जंगल कौड़िया ब्लाक के काजीपुर गांव में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास भी किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये उन्होर्ने कहा कि विकास आज के समय में सबकी जरूरत है और सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है कौशाम्बी जिले के करारी क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गया जिससे चार लोगों की मौके पर ही मैत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये घटना के समय मकान में रहने वाले परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे घायलों को इलाज के लिये इलाहाबाद भेज दिया गया है